सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे

वीडियो कान्फ्रैंसिंग मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा सचिवालय में विधानासभा अध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजुदगी में वीडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा का शुभारंभ किया इस सुविधा से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों सहित मुख्य सचिव वीडियों कान्फ्रैसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों विभागाध्यक्षों और पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस अवसर पर मौजूद रहे मानवाधिकार दिवस आज विश्व मानवाधिकार दिवस है इस दिवस का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरुक करना तथा मानवाधिकारों के हनन को रोकना है मानवाधिकारों में मुख्य रूप से आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता शामिल हैं मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का थीम है मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों इस अवसर पर प्रदेश सहित देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

इस संबंध में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने धर्मशाला में प्रदेश के सभी उप शिक्षा निदेशकों और शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ वीडियों कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से संवाद किया उन्होंने सभी से विद्यार्थियों को भाषण प्रतियोगिता मे भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा हॉबी क्लासेस भाषा एवं संस्कृति विभाग व गेयटी ड्रोमेटिक सोसायटी शिमला बच्चों के लिए सर्दियों की छटिटयों में हॉबी क्लासिज शुरू कर रहा है जिनमें अभिनय शास्त्रीय नृत्य समकालीन नृत्य तथा चित्रकला शामिल है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है इन्वैस्टर्स मीट पर विपक्ष का हंगामा वॉकआउट मुख्यमंत्री बोले खर्च में बरती गई है पारदर्शिता पंजाब केसरी का शीर्षक है पहले दिन इन्वैस्टर्स मीट पर तपा सदन विपक्ष का वॉकआउट दैनिक जागरण के शब्द हैं बाहर ही नहीं अंदर भी गर्माई सियासत दिव्य हिमाचल लिखता है बाहर धरना अंदर वॉकआउट हिमाचल दस्तक के मुताबिक इन्वैस्टर्स मीट पर पहले ही दिन हंगामा आपका फैसला का कहना है विपक्ष की हुंकार से तपोवन में गर्माहट जबकि दैनिक भास्कर मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखता है ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला पीटीए भर्ती से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल का एक जैसा शीर्षक है अब कॉलेजों में भी पीटीए के तहत नियुक्तियों पर लगी रोक दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल के कॉलेजों में अब नहीं होगी पीटीए आधार पर भर्ती

आपका फैसला ने सुरेश भारद्वाज के हवाले से सुर्खी दी है स्कूली वर्दियों की गुणवत्ता की जांच करवाई जा रही है दिव्य हिमाचल के मुताबिक स्कूल वर्दी की सिर्फ एक शिकायत हिमाचल दस्तक की एक खबर है अनिल शर्मा की कैबिनेट में वापसी संभव इसी पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना का बजट सरेंडर भाजपा विधायक दल की बैठक में उठा मामला मौसम पर अमर उजाला लिखता है रोहतांग में बर्फीला तूफान आठ लोग फंसे आज होगा रेस्क्यू दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल के पांच जिलों में मौसम का येलो अलर्ट

नमस्कार